दिनभर के दौरे में उनके साथ प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत और सेना अध्यक्ष मनोज मुकुन्दा नरवणे मी मौजूद रहे इस दौरान चीन के साथ तनाव के बीच निमू में वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा स्थिति की जानकारी दी प्रधानमंत्री ने जवानों से मुलाकात कर उनका होंसला बढ़ाया

यह क्षेत्र जन्सईकार रेंज से धिरा है और सिन्धु नदी के तट पर स्थित है

इस अवसर पर आज भोपाल स्थित प्रदेश पार्टी कार्यालय परिसर में एक प्रदर्शनी लगाई गई है इसमें मुख्य रूप से सौ दिन की राज्य सरकार की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है प्रदर्शनी के बाद प्रदेश भाजपा की ओर से वर्चुअल रैली प्रारंभ हुयी जिसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संबोधित किया इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद हैं

उधर झाबुआ जिले के राणापुर तहसील में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है

प्लाट आवंटन प्राप्तकर्ता अब पता बदलना लीज रेंट भरना लीज प्रमाण पत्र जमा करना और लीज नवीनीकरण ऑनलाइन ही कर सकेंगे इसकी रसीद भी वेबसाइट पर ही प्राप्त हो सकेगी इसके पहले इन कार्यो के लिए अनिवार्य रूप से प्राधिकरण कार्यालय की एकल खिड़की पर दस्तावेज जमा करने पड़ते थे अर्थदंड वसूली इंदौर जिले की मण्डियों में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने नियमों का उल्लंघन करने वालों से अर्थदंड वसूलने के आदेश जारी कर दिए हैं